प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त करीब तेरह सौ और खेल अधिकारियों के इकसठ पदों पर जल्द की जाएगी नियुक्ति प्रदेश के सभी जिलों में संचालित क्राईम ब्रांच और आर्थिक अपराध से संबंधित अनुसंधान सेल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं

वन विभाग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए उन्होंने अधिकारियों को वन क्षेत्रों में हाथियों द्वारा फसल नुकसान के प्रकरणों में मुआवजा बढ़ाने के निर्देश भी दिए श्री बघेल कल शाम रायपुर में वन विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्रों के प्रकरणों के निराकरण के लिए कलेक्टरों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए उन्होंने वन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ईमली प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और मार्केटिंग के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा श्री बधेल ने कहा कि वन समितियों को आम से अमचूर बनाने के लिए भी आवश्यक किट दिया जाए इससे वन क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जंगलों में बारिश से पहले अभियान चलाकर फलदार पौधों और सब्जी के बीजों का हवाई छिड़काव हेलीकॉप्टर से किया जाए उन्होंने कहा कि इससे वनवासी और आदिवासी परिवारों को पौष्टिक भोजन के लिए सब्जी और फल प्राप्त होंगे वहीं जंगली जानवरों को भी खाने की चीजों के लिए गांवों की ओर रूख नहीं करना पड़ेगा श्री बघेल ने कहा कि फलदार पौधों के साथ ही घास के बीजों का छिड़काव करने से भूमि के क्षरण को भी रोकने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री किसान बातचीत प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा लिंकिंग में किसानों की एक हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ रूपये की राशि काट ली गई थी उसे राज्य सरकार ने किसानों के बैंक खातों में वापस जमा करा दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में मोबाइल के जरिये किसानों से बात कर हकीकत की जानकारी ली श्री बघेल ने किसानों से छत्तीसगढ़ी में बात की तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा मुख्यमंत्री ने जब मुंगेली के किसान जगदीश गोस्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके खाते में दो लाख बारह हजार सात सौ पचास रूपये जमा हुए हैं मुख्यमंत्री ने कवर्धा के किसान डोमन सिंह यादव और चारामा के किसान छन्नूलाल से भी बात की सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद शीघ्र भरे जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में रिक्त एक हजार तीन सौ चौरासी पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई की जाए श्री बघेल ने विभिन्न महाविद्यालयों में खेल अधिकारियों के रिक्त इकसठ पदों को भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों के साथ ही भरने के निर्देश दिए हैं उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं इन पदों पर भर्ती हो जाने से जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में संकायवार सहायक प्राध्यापक उपलब्ध होंगे क्राईम ब्रांच अन्संधान सेल पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलों में संचालित क्राईम ब्रांच और आर्थिक अपराध से संबंधित अनुसंधान सेल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं उन्होंने बताया कि इन इकाईयों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं इसलिए पुलिस के प्रति विश्वास बनाए रखने तथा भविष्य में पुलिस अनुसंधान में शिकायतों की संभावना न हो इसके लिए क्राईम ब्रांच और आर्थिक अपराध से संबंधित अनुसंधान सेल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है श्री अवस्थी ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं उन्होंने बताया कि इन इकाईयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से जिले के संबंधित थाने या रक्षित केन्द्र में उपस्थिति देने के आदेश दिए गए हैं वर्षांत कार्यक्रम श्रंखला आकाशवाणी से प्रसारित समाचार सेवा प्रभाग की वर्षात कार्यक्रम श्रृंखला के तहत अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर परिचर्चाएं प्रसारित की जा रही हैं इस सिलसिले में आज भारत का रक्षा क्षेत्र तैयारी और चुनौतियां विषय पर चर्चा होगी यह विशेष श्रंखला एफएम गोल्ड चैनल पर रात साढे नौ बजे से सुनी जा सकती है यह हमारी वेबसाईट न्यूज ऑन एआईआर डॉट काम पर भी उपलब्ध रहेगा

यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की इंक्यानवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाईट पर भी इसे सुना जा सकता है

क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा आबकारी स्पष्टीकरण आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि मदिरा के ब्राण्ड और लेबलों के पंजीयन के लिए जारी सूचना केवल भारत में निर्मित तथा भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा के नवीन ब्राण्ड और लेबल के पंजीयन के लिए थी इसका देशी और विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के व्यवस्थापन और ठेका से कोई संबंध नहीं है सुब्रत साहू पत्रकारवार्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए जरूरी उपाए किए जा रहे हैं संगवारी मतदान केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है श्री साहू कल रायपुर में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदांता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है इसके साथ ही मतदांता सूची में नाम जोड़ने हटाने और सुधारने का काम शुरू हो गया है पच्चीस जनवरी तक मतदाता सूची में नये मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकेंगे उन्होंने बताया कि प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद बाईस फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है श्री साह ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सुची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो चुकी है जिसमें राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने कहा गया है उन्होंने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान घर घर सर्वे डुप्लीकेट एन्ट्री या मृत मतदाता और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाने चिन्हांकन और अपंजीकृत नागरिकों के मतदाता सूची में पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी बताया कि बेघर लोगों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे कांग्रेस स्थापना दिवस कांग्रेस आज अपना एक सौ चौंतीसवां स्थापना दिवस मना रहा है इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस का ध्वज फहराया

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे तथा नव नियुक्त महाधिवक्ता कनक तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे मौसम प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है प्रदेश के बस्तर संभाग को छोड़ रायपुर दुर्ग बिलासपुर और सरगुजा संभागों में तापमान सामान्य से कम रहा प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पांच दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया वहीं राजधानी रायपुर में तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज विभिन्न जिलों से आए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिजनों की समस्याएं सुनी तथा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित शाखाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आगामी छह जनवरी को दो पालियों में आयोजित की जाएगी यह परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित राजधानी रायपुर के चौदह परीक्षा केन्द्रों में होगी जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा रायपुर में कल से तीन दिवसीय अंडर बारह आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है